राज्यपाल कलराज मिश्र ने बच्चों की प्रतिभा निखारने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापकों से निष्ठा से कार्य करने का किया आहवान

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए मण्डी और शिमला जिले को कल राष्ट्रीय पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित

पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है

ये पुरस्कार उन श्रेष्ठ शिक्षकों को दिये गये हैं जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से न केवल स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार किये बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी बेहतर बनाया इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूलों में ही चरित्र निर्माण का आधार बनता है राष्ट्रपति ने शिक्षकों से उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां समझने को भी कहा रामनाथ कोविंद ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन न केवल एक महान दार्शनिक राजनीतिज्ञ और लेखक थे बल्कि एक विलक्षण शिक्षक भी थे राष्ट्रपति ने राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा के प्रधानाचार्य विकास महाजन को भी राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया इस साल ये पुरस्कार पाने वाले विकास महाजन प्रदेश के एक मात्र शिक्षक है उन्हें ये सम्मान स्कूल में गरीब बच्चों की आर्थिक सहायता करने और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का निशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए प्रदान किया गया विकास महाजन को सम्मानित किए जाने पर स्कूल के शिक्षकों सहित बच्चे भी बेहद खुश हैं

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि तकनीकी ज्ञान और उसका उपयोग समय की मांग है मगर आत्मिक संबंधों को बनाए रखना भी जरूरी है कलराज मिश्र ने कहा कि विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विकास व आत्म विश्वाास बढ़ाने का कार्य एक शिक्षक ही कर सकता है और यही आत्म विश्वास उनके जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है राज्यपाल ने अध्यापकों से बच्चों की प्रतिभा निखारने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए निष्ठा से कार्य करने का आह्वान भी किया उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि हिमाचल ने विभिन्न क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास किया है और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने में शिक्षकों का अहम योगदान है इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दक्ष वक्ता सफल कूटनीतिज्ञ प्रभावशाली राजनीतिज्ञ और प्रख्यात लेखक भी थे उन्होंने कहा कि शिक्षा लोगों को अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मुख्यमंत्री ने शिक्षक वर्ग से शिक्षा के प्रचार प्रसार में सकिय योगदान देने को भी कहा इस दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए वहीं प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षक दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए

गोविंद ठाकुर ने वन आवरण बढ़ाने में सभी से योगदान करने का आहवान किया वे आज कुल्लू जिले में राजकीय डिग्री महाविद्यालय हरिपुर में आयोजित चार दिवसीय युवा महोत्सव के समापन अवसर पर बोल रहे थे

खेत संरक्षण प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में बदलाव किया है अब इस योजना में सोलर फेंसिंग के अलावा कांटेदार बाड़ लगाने का भी प्रावधान किया गया है प्रधान सचिव कृषि ओंकार चंद शर्मा ने बताया है कि किसानों की मांग और सुझावों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है

उन्होंने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह भी किया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश के लिए नई पर्यटन नीति तैयार की जा रही है जिसका कार्य अंतिम चरण में है उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत राज्य के पर्यटन गंतव्यों को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश पर्यटन सतत विकास योजना भी इस वर्ष अक्तूबर माह तक तैयार हो जाएगी बैठक में मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे पुरस्कार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए मंडी जिले को इस साल दूसरे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर दिल्ली में केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से ये पुरस्कार प्राप्त करेंगे

वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए शिमला ज़िला को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

बिक्रम सिंह राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों व उनके परिजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कामगारों को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के जरिए अनेक लाभ प्रदान किए जा रहे हैं ये बात उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने आज सुंदरनगर में कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों के लिए आयोजित लाभ वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को तीन हजार रूपए मासिक पैंशन सुनिश्चित की जाएगी बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी जल शक्ति अभियान के तहत नाहन विकास खंड में पेयजल संरक्षण और संवर्धन के लिए तालाबों व चैकडैमों का निर्माण किया जा रहा है वे आज नाहन निर्वाचन क्षेत्र के माजरा में उठाऊ पेयजल योजना के संवर्धन कार्य का शिलान्यास करने के अवसर पर बोल रहे थे